राज्यसभा के एक सीट पर उपचुनाव के लिये नामांकन का कार्य समाप्त

प्रदेश में कोविड से अब तक दो लाख तीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में हुए आंदोलन तथा देश विरोधी प्रदर्शन को पीएफआई द्वारा धन उपलब्ध कराने के मामले में यह छापेमारी की गयी मनिलॉर्डिंग के इस मामले में ईडी ने संगठन के कई संदिग्ध गतिविधियों को लेकर जांच की दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सनाउल्लाह के घर छापेमारी की है निदेशालय की टीम ने परिवार के सदस्यों से पूछताछ की पूर्णिया जिले के खजांची हाट थाना क्षेत्र राजाबाड़ी स्थित पीएफआई के कार्यालय पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की है राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिये नामांकन का कार्य आज समाप्त हो गया कल नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी जबकि सात दिसम्बर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन किया है विधानसभा में संख्या बल को देखते हुए श्री मोदी की इस सीट पर जीत तय मानी जा रही है राज्य के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के पांच सौ इकहत्तर नये मामलों की प्रष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख सैंतीस हजार तीन सौ उनचास हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना जिले में संक्रमण के एक सौ सतासी नये मामले सामने आये हैं सहरसा में तैंतीस मुजफ्फरपुर में बत्तीस सुपौल में चौबीस कटिहार में इक्कीस और औरंगाबाद में उन्नीस नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले मिले हैं रिपोर्ट के अनुसार राज्य में इस समय पांच हजार पांच सौ चौंसठ कोरोना के सक्रिय मामले हैं इधर प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख तीस हजार पांच सौ से अधिक हो गयी है स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव एक दो प्रतिशत है भारत ने कोविड उन्नीस की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है देश में लगातार छब्बीसवें दिन संक्रमित लोगों की संख्या पचास हजार से कम रही पिछले चौबीस घंटों के दौरान पैंतीस हजार पांच सौ नए मामलों की पुष्टि हुई है जबकि इस दौरान लगभग इकतालीस हजार रोगी स्वस्थ हुए हैं अब तक नब्बे लाख के आसपास लोग स्वस्थ हो चुके हैं जिससे स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव एक एक प्रतिशत तक पहुंच गई है देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों से बीस गुना अधिक है देश में संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई है और यह अब चार दशमलव पांच प्रतिशत हो गई है देश में कुल चार लाख बाईस हजार नौ सौ तैंतालीस लोग संक्रमित हैं जो कुल संख्या का लगभग चार दशमलव चार चार प्रतिशत है

डॉक्टर ठक्कर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि सही ढंग से मास्क पहनने दो गज की दूरी बनाए रखने और निरंतर हाथ धोने से व्यक्ति खुद सुरक्षित रहेगा और दूसरों को भी सुरक्षित रखेगा

अब ये तो बात हम सबको समझ आ गई कि हमेशा ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं होती कई बार तो ज्यादा लक्षण होते ही नहीं हैं फिर भी बीमारी जो है हो के निकल भी जाती है पर ये लापरवाही की बात नहीं है चार से छह जरूर होते हैं सौ में से जिनमें कि बहत सीवियर बीमारी हो जाती है पता ही है आप सबको कि एक दो में मृत्यू भी हो जाती है तो इसलिए साक्षानी कम करने की कोई बात नहीं बनती सावधानी ये समझ के चले कि अगर कम से कम अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो बाकियों के लिए कर रहे हैं जब आप मास्क लगाते हैं तो ये तो जरूर रहता है कि किसी और से आपको इंफैक्शन नहीं होगा पर ये भी होता है कि कहीं न कहीं अगर आप में अभी ए सिम्प्टोमैटिक वाला कोरोना है तो आप किसी और को न दें जैसे समझ लीजिये कि जैसे कि जब आप गाड़ी चलाने निकलते हैं साइकिल चलाने निकलते हैं तो सड़क के बायें तरफ रहते हैं

इसलिए हमेशा मास्क लगाना बड़ा जरूरी है अपने प्रोटैक्शन के लिए भी और दूसरों के प्रोटैक्शन के लिए थोड़ा रिसपोन्सिबल नागरिक बनना जरूरी है नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए हैं सरकार ने इस दिशा में कृषि से संबंधित तीन नए कानून लागू किए हैं

इस ऐतिहासिक कानून की वजह से क्रेषि मंडियों में फलने फूलने वाले ऐसे बिचौलियों पर सरकार ने गहरा आघात पहुंचाया है कृषि और किसान की आय से सीधे सीधे संबंध रखने वाले संसद द्वारा पारित तीन पथप्रदर्शक कानुनों की वजह से देश में किसान पहली बार अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता पा चुका है किसान अब अपने कृषि उत्पाद के संबंध में खेती के पहले भी करार करने के लिए मुक्त है वहीं दूसरी ओर फसल कटने के बाद अब वह अनाज सीधे सीधे फैक्ट्री गोदाम या कोल स्टोरेज में भी बेच सकता है समयानुकूल जरूरतों के अनुरूप इन कानूनों के प्रावधान के अंतर्गत किसान अब अपनी उपज ऑन लाइन व्यापार के माध्यम से भी देश के किसी कोने में बेच सकता है इन सब के अलावा नये विधान कृषि उत्पाद संबंधित न्यूनतम समर्थन मुल्य की मौजुदा व्यवस्था और कृषि मंडियों की मौजुदा प्रणाली को किसी भी तरह से संशोधित किये बगैर किसानों को नई व्यवस्था चुनने का विशेष अधिकार देते हैं एपीएमसी कानून तथा कृषि विपणन सीमितयां राज्य सरकारों द्वारा ही नियंत्रित की जाती रहेंगी नये कृषि कानून किसानों को अपनी उपज बेचने के स्वतंत्र और सुगम विकल्प प्रदान करते हैं और इन सारी साझताओं के अतिरिक्त यह किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए और किसी भी विवाद के सुलम और त्वरित निपटारे के लिए उपसंभागीय स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी दिल्ली शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मातृ भाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यबल का गठन किया है उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित यह कार्यबल इस संबंध में विभिन्न पक्षों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा बेगूसराय जिले में गढ़हरा पुलिस चौकी क्षेत्र में अपराधियों ने स्टेट बैंक की शाखा में धावा बोलकर आज दिन दहाड़े लगभग पांच लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि हथियार बंद चार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया लूट के बाद अपराधी सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड वीडियो फूटेज का हार्ड डिस्क भी लेकर फरार हो गये पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिये छापेमारी की जा रही है प्रदेश में ठंड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज से ठिठ्रन और बढ़ने की संभावना है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा वहीं सुबह के समय कुछ स्थानों पर धुंध और घना कोहरा छाया रहेगा आज गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान ग्यारह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि भागलपुर का चौदह दशमलव एक डिग्री रहा प्रर्णिया का न्यूनतम तापमान चौदह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया राज्यपाल फागू चौहान ने आज राजभवन में आठवें बिहार विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया कोविड उन्नीस के चलते इस बार कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाईन स्वरूप में किया जा रहा है उद्घाटन सत्र में जाने माने परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोदकर भी शामिल हुए इस अवसर पर राज्यपाल ने वैज्ञानिकों से कोविड महामारी के निदान और प्रबंधन के लिये एकजुटता से काम करने की अपील की देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को आज उनकी एक सौ छत्तीसवीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया इस अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला समेत विभिन्न दलों के गणमान्य नेताओं ने राजेन्द्र बाबू के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशरत्न डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे एक निःस्वार्थ और द्रदर्शी नेता थे जिन्होंने देश की नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रथम राष्ट्रपति को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले राजेन्द्र बाबू लोगों के लिये हमेशा प्रेरणास्रोत रहेंगे प्रदेश के विभिन्न भागों में भी जयंती समारोह आयोजित कर राजेन्द्र बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी पटना के नेक संवाद में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद के जन्मस्थल सीवान जिले के जीरादेई में भी कार्यक्रम का आयोजन कर देश के पहले राष्ट्रपति को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस वर्ष का डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान देंगे इस वर्ष का विषय है सुशासन स्मारक व्याख्यान का प्रसारण आकाशवाणी के सभी स्टेशनों से आज रात साढ़े नौ बजे किया जायेगा इसे दूरदर्शन पर भी रात्रि दस बजे से सुना जा सकता है इधर अमर क्रांतिकारी खूदीराम बोस को भी उनकी एक सौ इकतीसवीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया मुजफ्फरपूर में आयोजित समारोह में जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किये आज विश्व दिव्यांगजन दिवस मनाया गया दिव्यांग जनों के सशक्तीकरण और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिये संकल्प व्यक्त करने के लिये यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है इस अवसर पर देश भर में विभिन्न केन्द्रों में कार्यक्रम आयोजित कर दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण उपलब्ध कराये गये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि दिव्यांगजनों का सहज भाव और धैर्य हमें प्रेरणा देता है प्रदेश में भी दिव्यांग जन दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गये राजधानी पटना में कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य भर के सभी अनुमंडलों में बुनियाद केन्द्र स्थापित किये गये हैं जहां दिव्यांग जनों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी राज्य के निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार ने कहा कि प्रदेश में इक्यावन लाख से अधिक दिव्यांग जन हैं श्री कुमार ने कहा कि उनके कार्यालय ने अब तक सुनवाई करके दो लाख से अधिक दिव्यांग जनों की समस्याओं का निष्पादन किया है औरंगाबाद जिले में सोन नदी के तटीय क्षेत्रों में बालू के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया खान और भूतत्व विभाग के उप निदेशक सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा ने बताया कि जिले के बारूण थाना क्षेत्र में की गयी छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध बालू जब्त किया गया है सीतामढ़ी की जिलाधिकारी अभिलाषा क्मारी शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर डुमरा में आयोजित कार्यक्रम में एक सौ तेरह दिव्यांगों को ट्राई साईकिल का वितरण किया बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में विश्व दिव्यांग दिवस समारोह का आयोजन किया गया जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने इसका उद्घाटन किया इधर जिले के मटिहानी में सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से दिव्यांगता सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये छह लोगों को सम्मानित किया गया

राज्यसभा के एक सीट पर उपचुनाव के लिये नामांकन का कार्य समाप्त

प्रदेश में कोविड से अब तक दो लाख तीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए